ड्रोन कैमरों की मदद से भी उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर

और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की

राज्य सरकार ने रबी फसलों का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है गेहूं के समर्थन मूल्य में पचासी रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है अब गेहूं की सरकारी खरीद एक हजार नौ सौ पच्चीस रूपये प्रति क्विंटल की दर पर होगी चने के समर्थन मूल्य में दो सौ पच्चीस रूपये मसूर के समर्थन मूल्य में तीन सौ पच्चीस और सरसों के एमएसपी में दो सौ पच्चीस रूपये की बढ़ोतरी हुयी है साथ ही सरकार ने जौ और तिलहन की फसल कुसुम्भ का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजद द्वारा बुलाये गये बिहार बंद का जगह जगह असर देखा जा रहा है बंद समर्थकों ने कई जगहों पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है साथ ही सड़क परिवहन को भी बाधित किया गया है कई जगहों से आगजनी की भी खबरें हैं प्रदर्शनकारी दुकानों को भी बंद करा रहे हैं कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है बंद को कांग्रेस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी सहित वामदलों ने भी समर्थन दिया है इधर राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है पटना के करगिल चौक पर अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बंद के मद्देनजर जगह जगह दंडाधिकारियों के नेतृत्व में प्रलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है साथ ही केंद्र सरकार के निर्देश पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी बंद समर्थकों पर नजर रखी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है पटना में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे इस बारे में बाद में विस्तार से अपनी बात रखेंगे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को अपने माता पिता या उनके माता पिता के उन्नीस सौ इकहत्तर से पहले के जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज दिखा कर नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कई ट्वीट संदेशों में कहा है कि जिन अनपढ़ नागरिकों के पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें गवाह पेश करने या अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा समर्थित स्थानीय सबूत पेश करने की अनुमति दी जाएगी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान या दोनों से संबंधित दस्तावेज दिए जा सकते हैं गृह मंत्रालय इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा संसद में संशोधित नागरिकता कानून पारित होने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के एक सप्ताह के बाद यह स्पष्टीकरण आया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव आई के पाण्डेय ने कहा है कि जीर्णोद्वार के बाद अगले वर्ष मार्च महीने तक महात्मा गांधी सेतु के एक लेन को वाहनों के परिचालन के लिये खोल दिया जायेगा श्री पाण्डेय पटना में चल रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे

अदालत ने सभी पर पचपन पचपन हजार रुपये का जुर्माना भी किया अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है यह मामला वर्ष उन्नीस सौ छियानवे का है आरोप के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मिरचाईया गली मोहल्ला के रहने वाले मुन्ना सिंह की पुलिस द्वारा दी गयी शारीरिक यातना के कारण मौत हो गयी थी मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि चौबीस दिसंबर को एक बार फिर बारिश की संभावना बनी हुयी है जिसके प्रभाव से ठंड में और बढ़ोतरी की आशंका है कल गया का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो शिमला के ठंड के बराबर है पटना गया भागलपूर और पूर्णिया में सिवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही जबकि अन्य जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति रही सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तिरपनवें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना में पंज प्यारों के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गयी ग्रूद्वारा प्रबंधक कमिटी के महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रकाश पर्व समारोह इकतीस दिसंबर तक चलेगा मुख्य समारोह दो जनवरी को आयोजित होगा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल आज प्रदेश अध्यक्ष पद के लिये पर्चा भरेंगे कल पार्टी प्रदेश परिषद की होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पर निर्वाचन के लिये उनके नाम की आधिकारिक घोषणा होगी मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतही बलान पुल के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एक शिक्षक की हयी मौत से आक्रोशित लोगों ने चौदह ट्रकों में आग लगा दी पुलिस ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सतावन पर उपद्रवियों ने सौ से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया

हंगामे के कारण लगभग चार घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा सारण जिले के मढ़ौरा नगर पंचायत के लिपिक सुरेंद्र राम को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने चालीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लिपिक विकास योजना का बिल पास कराने की एवज में एक ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था रोहतास जिले के सेंदुआर पंचायत के मुखिया ऋषिकेश सिंह पंचायत सचिव रामाशंकर तिवारी वार्ड क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष कंचन देवी सचिव अजय ओझा और कनीय अभियंता खुशबू कुमारी के खिलाफ लगभग चार लाख रूपये की सरकारी राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है सहरसा जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़िया चौभड्डा ड्रेनेज में ड्रबने से चार बच्चियों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि सभी बच्चियां खेत में साग तोड़ने गयी थीं और रास्ता भटकर गहरे पानी में चली गयी जिस कारण यह हादसा हुआ मुंगेर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस ने पांच हथियार तस्करों को आठ अर्धनिर्मित पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है बांका में आयोजित सत्तरवीं मोईनुलहक फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज पटना और दानापुर रेल टीमों के बीच होगा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार अंडर नाईंटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने गोवा को अस्सी रनों पर समेट दिया है बिहार की ओर से सूरज राठौड़ ने पच्चीस रन देकर सबसे अधिक पांच विकेट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक जागरण ने लिखा है उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू ग्यारह की मौत हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार में नहीं लागू होगा एनआरसी दैनिक भास्कर ने झारखण्ड विधानसभा चुनाव के बाद विभिन्न समाचार चैनलों और एजेंसियों के एक्जिट पोल से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार ने लिखा है पांच एजेंसियों के एक्जिट पोल में सिर्फ एक में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत अन्य में दिखी त्रिशंकु विधानसभा प्रभात खबर ने लिखा है उन्नाव दुष्कर्म मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे आज और राष्ट्रीय सहारा ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने रबी फसलों का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया

ड्रोन कैमरों की मदद से भी उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर

और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की